विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्लीं में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिशा में साठ हजार करोड़ रूपये निवेश किये जा चुके हैं

हर एक देश को अपना अपना रास्ता खोजना होगा भारत अपना रास्ता खोजेगा प्रदूषण को मात देगा और पेरिस समझौते में जितने हमने टारगेटस लिये हैं उससे भी बेटर करेंगे पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार के समन्वित प्रयास से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बढ़ी है

श्री जावड़ेकर ने तीन मिनट की अवधि की लघु फिल्म प्रतियोगिता की भी शुरूआत की

इस अवसर पर पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि भारत उन नौ देशों में शामिल हैं जिनके वन क्षेत्र एक प्रतिशत तक बढ़े हैं

इसी तरह नकदी समायोजन सुविधा एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर साढे पांच प्रतिशत और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसेलिटी एमएसएफ और बैंक दर छह प्रतिशत कर दी गई है बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति के इन फैसलों का उद्देश्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में चार प्रतिशत वृद्धि को दो प्रतिशत अधिक या कम रखने का मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त करना है

मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक पांच से सात अगस्त के बीच होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन साहस स्वाभिमान और वीरता का प्रतीक है जो देश के हर नागरिक को प्रेरित करता रहेगा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महाराणा प्रताप जयन्ती पर बलरामपुर जिले के इमिलिया कोडर गांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमें महाराणा प्रताप के आदर्शो पर चलने का प्रयास करना चाहिये उन्होंने कहा कि तत्कालीन जनसंघ के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी नानाजी देशमुख तथा पूर्व प्रधानमंत्रो अटल बिहारी वाजपेई ने इस क्षेत्र में विकास के कई काम किये थे श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है कार्यक्रम को अन्य लोगों के अलावा समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने भी संबोधित किया

प्रदेश में लू का प्रकोप जारी है और राज्य के अधिकतर हिस्सों में तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि शुष्क हवा और बढ़ते पारे ने राज्य में लोगा की परेशानियां बढ़ा दी हैं एक रिपोर्ट बढ़ते हुए तापमान ने प्रदेश में लोंगों की सामान्य दिनचर्या को बुरी तरह से प्रभावित किया है दिन चढ़ते ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं और दोपहर में सड़के बीरान नजर आती है गर्मी और लू के कारण हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की बड़ी संख्या अस्पतालों में देखी जा रही है लोग दिन में लू से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते दिखते हैं आम का पना लस्सी और पेय पदार्थो की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है

मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैं तेज हवाओं और धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की है मौसम विज्ञानियों के अनुसार फिलहाल तापमान के कष्ट से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से में मुल्तान सिंह यादव

हरदोई के बिलग्राम रोड पर ग्राम सदरपुर के पास एक ट्रैक्टर ट्राली और मिनी ट्रक की आमने सामने हुई टक्कर में ट्राली पलटने से उस पर सवार छह लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और अट्ठाईस लोग घायल हो गये घायलों को हरदोई जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है एक घायल व्यक्ति की हालत गंभीर होने से उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर दुःख व्यक्त किया है उन्होंने मृतकों के आश्रितों को मूख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता देने के लिये जिलाधिकारी को निर्देश दिया है दूसरी दुर्घटना शाहजहांपुर के खुटार में हुई जहां पूरनपुर रोड पर सिहुरा गांव के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई जिससे दा यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई इसके अतिरिक्त चौबीस यात्री घायल हो गये जिनमें पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को शाहजहांपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है

आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि लोगों ने भलीभांति समझ लिया है कि विश्व में भारत का दर्जा बढ़ा है देश में बहुमत से लोग मानते हैं कि दुनिया में भारत का स्तर काफी ऊपर चला गया है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यह बात उनके लिए बहुत मायने रखती है लोगों को इस बात की परवाह नही कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है मुझे लगता है कि यह धारणा सच नही है इस का मतलब है कि देश प्रगति कर रहा है दूनिया हमें अलग तरह से देख रही है और अलग अलग अपेक्षाएं अलग अलग जिम्मेदारियां है

उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसियों के बीच आपसो सहयोग को बढ़ावा मिलना चाहिए